भारत ने न्यूजीलैण्ड के खिलाफ टी ट्वेंटी मैचों की श्रुखंला के सभी पांच मैच जीतकर रचा इतिहास

कोरोना वायरस के लिए परीक्षण में पॉजिटिव पाए गए इस व्यक्ति को अल्पुड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अलग वार्ड में रखा गया है इससे पहले भारत में इस वायरस के एक अन्य मरीज की प्रष्टि भी केरल में हुई थी चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से आसानी से बचा जा सकता है अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि लोगों को कुछ उपायों का पालन विशेष रूप से करना चाहिए

यह परामर्श चीनी पासपोर्ट धारकों और चीनी गणराज्य में रहने वाले अन्य राष्ट्रों के निवासियों के आवेदनों के संदर्भ में लागू होगा पहले से ई वीजा प्राप्त व्यक्तियों से कहा गया है कि उनका वीजा अब वैध नहीं है आपात स्थिति में भारत की यात्रा करने वाले लोग पेइचिंग में भारतीय दूतावास अथवा शंघाई या क्वांग्जू स्थित भारतीय वाणिज्य द्रतावासों से संपर्क कर सकते हैं इन शहरों में भारतीय वीजा आवेदन केन्द्रों से भी संपर्क किया जा सकता है

कोरोना वाइरस की जांच सुविधा जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में शुरू हो गई है इस बीच चीन से अलवर लौटे दो छात्रों की अलवर के सामान्य चिकित्सालय में गहन जांच की गई तीन डॉक्टरों की टीम ने जांच के बाद बताया कि दोनों छात्रों में किसी भी तरह की बीमारी के लक्षण नहीं पाये गये है

श्री कोविंद आज हैदराबाद के पास नंदीगामा ब्लॉक में श्रीरामचंद्र मिशन के नए ग्रामीण मुख्यालय में साधकों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा वसुधैव क्ट्म्बकम की शिक्षा देती है

कर्नाटक के हबली में पतंजलि योगपीठ के शिविर में उन्होंने यह बात कही भारत को स्वस्थ और ख्रशहाल बनाने के लिए लोगों के जीवन में फिट इंडिया और योग को समाहित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने गैर संचारी रोगों को लेकर पूरी सावधानी बरतने का आह्वान किया

जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नकली नोट का कारोबार फतेहपुर कस्बे में चल रहा था पुलिस मामले की जांच कर रही है

पुलिस मामले की जांच कर रही है

इसके आधार पर निगम अभियान चलाकर बिजली चोरी पकडेगा

अभियान के समन्वयक ने बताया कि बच्चों के प्रति बढते यौन अपराधों को देखते हुए यह पहल शुरू की गई है इसके बाद अब शिक्षा विभाग ने भी स्कूलों में स्पर्श सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए है

कई स्थानों पर कोहरे ने भी लोगों को परेशान कर रखा है च्रू के सादुलपुर में आज सुबह घने कोहरे के कारण एक कार और ट्रक की टक्कर हो गई जिससे कार में सवार एक युवक की मौत हो गई तथा दो महिलाओं सहित सात लोग घायल हो गए

आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक प्रदेश के बाडमेर बीकानेर जैसलमेर जोधपुर जालोर और पाली जिले टिडिंडयों से प्रभावित हुए है

इस जीत के साथ ही भारत ने पिछले वर्ष आईसीसी विश्वकप के सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के हाथों मिली हार का बदला भी ले लिया